लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इनसभी सीटों पर चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया इस बीच निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा कारणों से त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट पर कल दूसरे चरण में होने वाले मतदान को टाल दिया है

आयोग ने तमिलनाड् में वेल्लौर संसदीय निर्वाचन सीट पर कल द्सरे चरण में होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया है चुनाव के दौरान धन बल के अत्यधिक इस्तेमाल के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने यह कदम उठाया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज से गुजरात में दो दिन का प्रचार अभियान शुरू करेंगे श्री मोदी का आज हिम्मतनगर सुरेन्द्र नगर और आणन्द में जनसभाओं को सम्बोधित करने का कार्यक्रम है वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधीकल से गुजरात में तीन जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे प्रदेश में भी विभिन्न राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रत्याशी रैलियों और जनसभाओं के जरिये मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं

पुलिस ने राशि जब्त कर जांच शुरु कर दी है एक अन्य मामले में निजी बस से आधा किलो अफीम का दूध भी बरामद किया गया है

पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किका है लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरुकता कार्यक्रम प्रदेशभर में पूरे जोर शोर से जारी है टोंक में स्वीप कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च निकाल कर लोगों को मतदान के लिए जागरुक किया गया इसी श्रृंखला में बूंदी में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए कार्टून सीरीज तैयार की गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अनूठी पहल में श्याणा काका और श्याणी बुआ मतदाता जागरुकता का संदेश दे रहे हैं

पिछले वर्ष फरवरी में पंजाब नेशनल बैंक घोटाला उजागर होने के बाद से मेहल चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी फरार हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा कि सभी कलेक्टरों को जल्द ही गिरदावरी करने के आदेश दिये गये हैं

राज्य में आंधी बारिश और ओलों की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहंचा है इसके अलावा जान माल की भी हानि हुई है बिजली गिरने से झालावाड में दो उदयपुर और राजसमन्द में एक एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है आंधी और बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गये और विद्युत आपूर्ति में बाधा आई है तेज हवाओं के कारण कई घरों के टीन शेड उड़ गये और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है इस बेमौसम बरसात से खेतों में तैयार फसलों और मंडियों में बिकवाली के लिए ले जा रही फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है राजधानी जयप्र में बादलों के कारण अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़ गए शहर के कई भागों में हल्की बारिश भी हुई धौलपूर में रातभर हल्की बारिश का दौर जारी रहा राजसमन्द ड्रंगरपूर सवाई माधोपूर झालावाड जालौर प्रतापगढ पाली और करौली में भी धूलभरी आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया नागौर जिले के मूंडवा कुचेरा और अलाय में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ताउसर भवाल बेल गांव सहित कई स्थानों पर ओले गिरे जिले में सौंफ गेहूं और ईसबगोल की फसल को नुकसान पहुंचा है इधर जयपुर दौसा नागौर बीकानेर सिरोही कोटा और बूंदी में तेज हवा के साथ बारिश हुई

नागौर में इस बरसात से ईसबगोल जीरा सौंफ और गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है

जोधपुर के सूरसागर स्थित क्लिनिक पर दबिश देकर पीसीपीएनडीटी और ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन टीम ने भ्रण लिंग जांच में लिप्त नर्स को गिरफ्तार किया

गिरोह में शामिल तीन और लोगों के बारे में जांच की जा रही है

करीब ढाई हजार पहले भगवान महावीर ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया था जो आज भी प्रासंगिक है करौली के श्रीमहावीर ॅजी में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज प्रभात फेरी निकाली गई इसके अलावा दिव्यांगों के लिए ट्राइसिकल और महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया जा रहा है

बीकानेर में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है